श्री मोदी ने कहा राम मंदिर अनेकता में एकता राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है

प्रदेश में बाढ़ से स्थिति और गंभीर हुई

मुख्यमंत्री नीर्तीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इसके साथ ही अयोध्या में मन्दिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने राम मन्दिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया उन्होंने देश विदेश के रामभक्तों को इस अवसर पर बधाई दी साउंड बाईट आज ये जय घोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्वमर में सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले कोरोड़ो करोड़ो भारत भक्तों को राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्रीराम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है

करोडों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया श्री मोदी ने कहा कि सत्य पर अटल रहने के गूण के कारण ही श्रीराम सम्पूर्ण हैं उन्होंने कहा कि श्रीराम ने जिस तरह केवट से प्रेम और हनुमान तथा वनवासी बन्ध्रों से सहयोग लिया उसी तरह का सहयोग भारत के जन जन से राम मन्दिर के निर्माण के लिए लिया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मन्दिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है

आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है राम मंदिर के लिए चले आदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था संघर्ष भी था संकल्प भी था त्याग बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है प्रधानमंत्री ने राम मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह ऐतिहासक पल दिग दिगन्त और युगों यूगों तक भारत की पताका फहराता रहेगा श्री मोदी ने कहा कि राम मन्दिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य राम मन्दिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मन्दिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक नेता और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से पवन सिंघल और महेश भागचंदका भी समारोह में उपस्थित थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में शामिल हुए ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम अर्थात भगवान राम के काम के पूरा किये बिना मैं कैसे चौन से रह सकता हूं रामचरित मानस की इन्ही पंक्तियों के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी भावनाओं को इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्त किया

पारंपरिक धोती कुर्ता धारण किये प्रधानमंत्री ने भूमि प्रजन से पहले रामलला को साष्टांग प्रणाम किया पूजन किया और हनुमानगढ़ी के दर्शन और परिक्रमा करने के साथ ही पुजारियों द्वारा दिये गये मुकुट और साफे को स्वीकार किया ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गये इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या नगरी राम नाम से गुजायमान रही कडी सुरक्षा के चलते अयोध्या की सडके सुनी थीं लेकिन गलियां और मवनों पर केसरिया पताका लहरा रही थी मंदिरों में मजन कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और आम अयोध्यावासी अपने घरों में राम नाम का स्मरण करते हुए एक इतिहास को बनते हुए देख रहे थे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार अयोध्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के विधि सम्मत निर्माण से भारत की सामाजिक समरसता का प्रमाण मिलता है राष्ट्रपति ने कहा कि यह मंदिर परिसर राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मर्यादा प्ररूषोतम राम के सत्य और नैतिकता संबंधी विचारों का प्रतीक बताया है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अयोध्या नरेश के रूप में श्रीराम ने एक ऐसा जीवन चरित्र जिया जो सबके लिए अन्करणीय है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज के दिन को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन बताया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज महान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया अयोध्या में रामजन्म भूमि निर्माण के लिये भूमि पूजन बेगूसराय के पंडित गंगाधर पाठक ने सम्पन्न करवाया

इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि भूमि पूजन के अवसर पर लोगों ने घरों में दीप जलाकर प्रजा अर्चना कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया केंद्र सरकार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने आज उच्चतम न्यायालय में यह जानकारी दी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि फिल्म अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस को मामले में अब तक हुई जांच की स्थिति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये हैं साथ ही न्यायालय ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार तथा सुशांत सिंह के पिता से रिया की उस याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है जिसमें एफआईआर पटना से मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की गयी है मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी मूख्यमंत्री नीतीश क्रमार ने आज बाढ़ प्रभावित दरभंगा मूजफ्फरपूर गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति की जानकारी ली श्री कुमार ने दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई घरों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली श्री कुमार ने राहत शिविरों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किये जा रहे उपायों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिये प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है मधेप्रा और सहरसा जिलों के चौवन पंचायतों की बाढ़ की चपेट में आने के साथ ही प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर सोलह हो गयी है राज्य के एक सौ इक्कीस प्रखंडों की लगभग सड़सठ लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है मुजफ्फरपुर दरभंगा खगड़िया सीवान और सारण जिलों के नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है गोपालगंज के मांझा और दरौली प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है हालांकि सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में मामूली सुधार के समाचार हैं दरभंगा जिले के कमतौल में महाराजी बांध के टूट जाने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं जिले के सदर प्रखंड के करकौली गांव में बागमती नदी का बांध टूटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में धीरे धीरे बाढ़ की रिथिति में सुधार हो रहा है पानी कम होने के बाद महामारी की आशंका बढ़ गयी है समस्तीपुर जिले के जतमलपुर के पास बागमती नदी का पानी सड़क पर फैल जाने से समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित है इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज तेरहवें दिन भी रेल परिचालन बंद रहा कटिहार जिले में बरंडी नदी के तटबंधों में कई जगह कटाव के चलते फलका प्रखंड के मोरसंडा मरघिया और शब्दा गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमें प्रभावित इलाकों में कार्य कर रही हैं इन क्षेत्रों में तेरह सौ से अधिक सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है साथ ही आठ राहत शिविर भी चलाये जा रहे हैं खगड़िया के मानसी में एकनिया घाट पर हुए नाव हादसे में लापता नौ लोगों के शव बरामद कर लिये गये हैं ये नाव एकनिया घाट से मूंगेर के टीकारामपूर दियारा जा रही थी जिस पर पैंतीस लोग सवार थे इनमें से दो लोग तैरकर बाहर निकल गये थे अभी चौबीस व्यक्ति लापता बताये जाते हैं जिनकी तलाश जारी है जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण के दो हजार सात सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौंसठ हजार सात सौ बत्तीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि नये मामलों में सबसे अधिक चार सौ अठहत्तर पटना जिले से सामने आये हैं कटिहार से एक सौ छियानवे सारण से एक सौ चौंसठ वैशाली से एक सौ चार और पूर्वी चंपारण एक सौ तीन मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से निन्यानवे मुजफ्फरपुर भोजपुर और मधुबनी से नब्बे नब्बे जहानाबाद से पचासी बेगूसराय से चौरासी नालंदा तथा गया से छिहत्तर छिहत्तर और समस्तीपुर से बहत्तर मामले सामने आये हैं रोहतास से छियासठ पूर्णिया से पैंसठ मुंगेर से चौंसठ और सुपौल से तिरसठ मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक हजार छह सौ दस मरीजों को उपचार के बाद छट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बयालीस हजार तीन सौ सत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर साढ़े पैंसठ प्रतिशत है वहीं एक दिन में बीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर तीन सौ उनहत्तर हो गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकार्ड इक्यावन हजार नौ सौ चौबीस नमूनों की जांच की गयी एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है राज्य में अब तक सात लाख उनतालीस हजार अठहत्तर नमूनों की जांच हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बावन हजार पांच सौ नौ नये मामलों के साथ ही कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या उन्नीस लाख आठ हजार दो सौ चौवन हो गयी है एक दिन में अब तक के सबसे अधिक इक्यावन हजार सात सौ छह रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बारह लाख बयासी हजार दो सौ पंद्रह हो गयी है स्वस्थ होने की दर सड़सठ दशमलव एक नौ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ संतावन रोगियों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर उनतालीस हजार सात सौ पंचानवे हो गयी है

श्री मोदी ने कहा राम मंदिर अनेकता में एकता राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है

प्रदेश में बाढ़ से स्थिति और गंभीर हुई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया